बरेली लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार कांग्रेस से प्रवीण सिंह ऐरन और आंवला से भाजपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र कश्यप ने आज अपना नामांकन दाखिल किया भाजपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र कश्यप वर्तमान में आंवला से सांसद है सभी प्रत्याशियों ने यहां विकास को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है उधर कानपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया श्री जायसवाल दो बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं बदायूं संसदीय सीट से गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेन्द्र यादव और रामपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा ने आज अपना पर्चा दाखिल किया प्रदेश में सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिये तैयारियां जोर शोर से चल रही है सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को वोट डालने के महत्व की जानकारी देने के साथ साथ मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं मतदाताओं को ईवीएम मशीन के इस्तेमाल और वीवीपैट के बारे में जानकारी दी जा रही है चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं खासकर दिव्यांगजनों के लिये विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं निर्वाचन आयोग ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने में ढिलाई बरतने और निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर पत्र लिखा है पिछले महीने की सत्ताईस तारीख को आयोग ने दोनों से पृछा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रेलवे टिकटों और एयर इंडिया के बोर्डिंग पासों से प्रधानमंत्री के चित्र क्यों नहीं हटाये गये भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के पांच और संसदीय क्षेत्र के लिये अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है पार्टी ने फिरोजाबाद से डॉक्टर चन्द्रसेन जादौन मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव और मछलीशहर से वीपी सरोज को अपना प्रत्याशी घोषित किया है प्रदेश में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार तेज हो गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ बागपत और गाजियाबाद में चुनाव रैलियों को संबोधित किया मेरठ में आयोजित प्रवृद्वजनों की गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पांच वर्षो के दौरान देश के अन्दर किये गये सार्थक प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यक्स्था बन चुका है उन्होंने दावा किया भारत अगले तीन वर्षो में देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यक्स्था होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में प्रबुद्वजनों की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि यह चुनाव तय करेगा कि देश को कहां ले जाना है यह प्रधानमंत्री पद के लिये चुनाव है और देश के सामने मोदी का कोई विकल्प नहीं है सपा बसपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्वार्थ का गठबंधन है प्रबुद्धजनों की संगोष्ठी को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री ने मेरठ के बागपत संसदीय क्षेत्र के किनौनी गांव में भी एक रैली को संबोधित किया राष्ट्रीय लोकदल पर निशाना साधते हुए श्री योगी ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों के समय दंगाइयों के पक्ष में खड़े होकर विरासत को कलंकित करने का कार्य किया रैली के दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई उधर सुल्तानपुर में आज भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया और जनसमर्थन मांगा वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज श्रावस्ती और बहराइच लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित किया मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयन्त चौधरी ने गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में कई स्थानों पर रोड शो और नुक्कड़ सभायें कर वोट की अपील की श्री चौधरी ने भाजपा पर समाज को बांटने का आरोप लगाया उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है क्योंकि इसकी पहुंच इंटरनेट के जरिए देश के हर कोने में है नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के बत्तीसवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा साक्षरता दर बढ़ाने में भी सहायक है उन्होंने कहा कि इग्नू ने ऐसे अनेक पढ़ने वालों की राह आसान कर दी है जो उच्च शिक्षा के लिए नियमित तौर पर किसी संस्थान में नहीं जा सकते भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह अलगाववादियों और राष्ट्र विरोधी लोगों का समर्थन कर रही है नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने में लगी है सुश्री सीतारमन ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल इस बात की आलोचना की कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम आफस्पा पर फिर विचार किया जाएगा